केन्द्र सरकार ने विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के विवाह सम्बधी झगड़ों को निपटाने के लिए एक नोडल एजेंसी गठित की है केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि सरकार ने उस विशेषज्ञ समिति के एन आर आई के विवाह को आवश्यक तौर पर पंजीकृत करने के सुझाव को मान लिया है जो भारतीय नागरिकों के विदेशों में बसे नागरिकों के साथ वैवाहिक मामलों में पेश आ रही म्श्किलों पर गौर करने के लिए गठित की गई है प्रश्न के उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि इस प्रकार के मामलों की कोई जांच नहीं की गई जबकि मंत्रालय के पास ऐसी महिलाओं का ब्यौरा मौजूद है जो अपने विदेश में रहने वाले पतियों दवारा सताई गई है और मंत्रालय उन्हें जरूरी सलाह म्हैया करवाता है सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी कार्यालयों के भवनों में दिव्यागों की आवश्क्ताओं के अन्सार सुविधाएं उपलब्ध करवाने सम्बधी अपने पहले फैसले को लागू न करने के लिए केन्द्र की आलोचना की है न्यायालय ने कहा है कि सरकार को कान्न व्यवस्था का पालन करना चाहिए था न्यायमुर्ति ए के सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने गत दिस्म्बर में दिये गये निर्णय सम्बधी उठाये गये कदमों के विवरण चार सप्ताह में नया शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है सर्वोच्च न्यायलय न्यायालयों में विशेषकर नेत्रहीनों की लिए व्यवस्था करने के ताज़ा आदेश पर सभी उच्च न्यायालयो के महा रजिस्ट्रार और सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव को नोटिस जारी किया है

म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामले की पैरवी कर रहे जनप्रतिनिधियों और लोगों के दैनिक जीवन में आ रही कठिनाईयों को गंभीरता से लेते हए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की इस जमीन को अधिग्रहण मुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने आज पंचकूला के सेक्टर दो स्थित हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के के नवीनीकृत कार्यालय का उदघाटन किया साथ ही उन्होंने वेयर हाउसिंग की वेबसाइट भी लांच की

उन्होंने कहा कि हरियाणा पूरी तैयारी के साथ अपनी प्रति एकड़ उपज को बढ़ा रहा है उन्होंने कहा कि वेयर हाउसिंग फसल की खरीद भी करती है और उसका रख रखाव भी करती है उन्होंने कहा कि वेवसाइट से विभाग व लोगों को काफी मदद मिलेगी सब डाटा ऑन लाइन हो जायेगा

पीड़िता द्वारा चंडीगढ़ प्लिस द्वारा जांच करवाने की मांग पर उन्होंने कहा कि म्ख्य उद्देश्य न्याय दिलवाना है मॉब लिंचिग पर उन्होंने कहा कि ये बहत द्भाग्यपूर्ण है लोगों को आवेश में आकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए और कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए उन्होंने मीडिया से भी आहवान किया कि केवल उकसाने के लिए खबर करना सही नहीं है एचसीएस रीगन क्मार पर उन्होंने कहा कि जिसने अपराध किया है उसे सज़ा मिलेगी

सभी विषयों के टीजीटी अध्यापकों के पद पर पदोन्नति होने के बाद ही उक्त अध्यापकों को स्टेशन अलॉट व इनकी वरिष्ठांता को अंतिम रूप दिया जाएगा पंचकुला के मोरनी दृष्कर्म मामले में पलिस ने पीडित महिला के पति को गिरफ्तार कर तीन दिन के प्लिस रिमांड पर लिया है प्लिस से मिली जानकारी के अन्सार मामले की जांच में सामने आया है कि पीड़िता के पति और आरोपी सन्नी के बीच कई बार हुई थी आरोपी पति की गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश करने आई महिला थाना प्रभारी स्नीता रावत ने बताया कि पीड़िता के अरोपी पति ने पूछताछ में खुलासा किया कि वो खुद अपनी वीबी से देह व्यापार करवाता था

जगाध्री के दिनेश शर्मा ने प्लिस को दी शिकायत में कहा है कि सरपंच निशा ने अपने पति के साथ मिलकर सचिव की फर्जी हत्साक्षर कर पंचायत के बैंक खातों से अलग अलग तारीखों में राशि निकलावा ली इसके लिए ग्राम पंचायत के पंचों से भी प्रस्ताव पारित नहीं कराया गया पुलिस ने मामले की छानवीन शुरू कर दी है